उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के नए र्कीतिमान हासिल करेगा मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनके मार्गदर्शन में बिहार विकास की राह पर तीव्रता से आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाईयां प्राप्त करेगा निधन हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित तुलसी राम का कल रात कांगड़ा में निधन हो गया

उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतक निवास भरमौर में होगा

उनके निधन पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है

इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था इस अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला स्थित मालरोड पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजंलि देंगे

मौसम राज्य के जनजातीय जिलों सहित अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में कल हुए हिमपात व निचले क्षेत्रों में हुई वर्षा से प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई यह बर्फबारी व वर्षा प्रदेश के किसानों व बागवानों के लिए काफी लाभदायक है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है कुफरी मनाली खज्जियार और शिकारी देवी में सीजन का पहला हिमपात दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में सीजन का पहला हिमपात बढ़ी कंपकंपी दैनिक जागरण के शब्द हैं पर्यटन स्थल गुलजार खत्म हुआ बिजाई का इंतज़ार दैनिक भास्कर लिखता है राज्य में तीन फीट तक गिरी बर्फ पांच डिग्री गिरा तापमान

अजीत समाचार का कहना है सर्दी की दस्तक पहले हिमपात से प्रदेश में शीत लहर आपका फैसला के मुताबिक बारिश और बर्फबारी से ठंड की चपेट में हिमाचल कोराना महामारी पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है प्रदेश में फिर लगीं बंदिशें शादी विवाह पर अब सौ लोग ही आमंत्रित हो सकेंगे दिव्य हिमाचल का शीर्षक है शादियों सहित सभी आयोजनों में अब होंगे सिर्फ सौ मेहमान कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल सरकार ने लिया फैसला आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में कार्यरत केटरिंग स्टाफ के लिए कोविड परीक्षण अनिवार्य

मंडी के समीप सुकेती खड्ड में जीप गिरने से बिहार के सात लोगों की मौत संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है प्रदूषण पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है धर्मशाला परवाणू मनाली में खूब फूटे पटाखे यहां प्रदूषण स्तर सबसे खराब